मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में लोगों को बड़ी समाओं में हिस्सा न लेने की सलाह दी गई है वहीं खांसी बुखार से पीड़ित व्यक्ति को अन्य लोगों से संपर्क में आने से बचने को कहा गया है लोगों को बिना हाथ धोये आंख नाक और मुंह का स्पर्श न करने का परामर्श दिया गया है बार बार साबुन पानी से हाथ धोने या अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ साफ करने को को कहा गया है खांसते और छींकते समय रूमाल अथवा टिश्यू पेपर का इस्तेरमाल करना चाहिए और इस्तेमाल किये गये टिश्यू पेपर तत्काल बंद डिब्बों में फेंके जाने चाहिए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 चिकित्सक के पास जाते समय मास्क पहनने या मुंह और नाक को कपड़े से ढककर रखने की सलाह दी गई है

इस महिला को सात मार्च को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था कोरोना जिले राज्य के सभी जिलों में भी कोरोना वायरस को लेकर सतर्कता बरती जा रही है राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के बाद उज्जैन उमरिया कटनी नीमच मंडला सहित सभी जिलों के शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया गया है उमरिया जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हाटबाजार और प्रमुख चौराहों पर पोस्टर चिपका कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है गुना शिवपुरी के सांसद केपीयादव ने सीएमएचओ को पत्र लिखकर इस महामारी से निपटने के लिये जरूरी इंतजाम करने को कहा है

भाजपा नेताओं के अनुसार जब श्री सिंधिया कल भोपाल एयरपोर्ट जा रहे थे तब कमला पार्क इलाके में कुछ लोगों ने उनके काफिले को रोकने की कोशिश की घटना के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने देर रात तक मुख्यमंत्री आवास के पास श्यामला हिल्स पुलिस स्टेशन में धरना दिया मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि श्री सिंधिया पर कार को रोककर और उन पर पत्थर फेंककर हमला करने का प्रयास किया गया इससे साफ पता चलता है कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है भोपाल में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने इस घटना की जांच की मांग की है

पश्चिमी मध्यप्रदेश में इस त्यौहार का विशेष महत्व है बड़वानी खण्डवा उज्जैन और धार सहित मालवा और निमाड़ अंचल के विभिन्न हिस्सों में रंगों का ये त्यौहार होली के पांचवे दिन मनाया जाता है राजधानी भोपाल के पुराने और नये शहर से चल समारोह निकाले जायेंगे हालांकि कोरोना वायरस के संकमण को देखते हुए इंदौर में निकलने वाली वैष्विक ख्याति प्राप्त गेर को इस वर्ष निरस्त कर दिया गया है अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने बताया कि गेर में षामिल होने वाले सभी आयोजकों की सहमति से लोकहित और जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है होशंगाबाद में हुरियारों की टोली ने शहर में रंगारंग जुलूस निकाला उधर आगरमालवा में गोपाल मंदिर से रंगारंग गेर निकाली गयी वहीं जिले के नलखेडा सुसनेर सोएतकला बड़ौद आदि मे फाग यात्रा निकाली गयी वहीं राजगढ़ गुना और रतलाम में भी इस अवसर पर हुरियारो की टोलियां रंग गुलाल खेलती हुई निकली मौसम बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से सिवनी उमरिया और सीधी सहित कई जिलों में रबी फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है अनूपपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि लगातार पांच दिनों से हो रही बारिश से आज लोगों को कुछ राहत मिली है सुबह सात बजे तक बारिश हुई उसके बाद ध्रप खिली जिले के पहाडी इलाकों में बौछारे और ओले भी गिरे जिला प्रशासन ने राजस्व अमले को बारिश और ओले से हुई फसलों के नुकसान का सर्वे करने का आदेश दिया है वहीं मंडला जिले के विभिन्न हिस्सों में कल शाम से ही रूक रूक कर बारिश का दौर जारी है उधर सिवनी जिले के सिलादेही लखनवाड़ा नंदोरा सहित कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है

वे यहां जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे

इस दौरान महिलाओ एवं किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें पोषण संबंधी जानकारी दी जा रही है